प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दम खम दिखाया है

कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण हैं संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है साथियो देश का क्रेषि क्षेत्र हमारे किसान हमारे गाँव आत्मनिर्मर भारत का आधार है ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्मर भारत की नींव मजबूत होगी श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है

अब यही ताकत देरा के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में यो जो पैदा कर रहें हैं धान गेहूं ससों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ ज्यादा दाम मिले वहीँ पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि कहानी सुनने और सुनाने की कला हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है

हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी है जहाँ हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है जहाँ कहानियों में पश् पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गयी ताकि विवेक और बुद्धिमता की बातों को आसानी से समझाया जा सके हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा रही है उन्होंने कहा कि इन दिनों विज्ञान कल्पना से जुड़ी कहानियां तथा कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है

मैं देख रहा हूँ कि कई लोग किस्सागोई की कला को आगे बढाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं

श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि परिवार के हर सदस्य को देश के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं से परिचित कराना चाहिए

मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बनें और अधिक प्रचारित हो और सहज बने इसलिए आओ हम सब प्रयास करें श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया जिनकी कल अट्टाईस सितंबर को जयंती है

मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगतसिंह को नमन करता हूँ शहीद भगतसिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे चिन्तक थे

शहीद वीर भगतसिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे प्रधानमंत्री ने कहा कि दो अक्टूबर पवित्र और प्रेरक दिवस है यह दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिवस होता है

यह दिन माँ भारती के दो सपूतों महात्मा गाँधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं महात्मा गाँधी का जो आर्थिक चिन्तन था अगर उस स्प्रिट को पकड़ा गया होता समझा गया होता उस रास्ते पर चला गया होता तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती गाँधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी भारत की खुराबू थी पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी का भी स्मरण किया जिनकी जयंती ग्यारह अक्तूबर को है उन्होंने कहा कि जेपी ने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री ने लोगों से इनके मूल्यों को जीवन में अपनाने की अपील की राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने संसद से पारित तीन कृषि विधेयकों को आज मंजूरी दे दी इन कानूनों का उद्देश्य देश के कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर अपनी विशेष श्रृंखला बापू की बात में आज प्रस्तुत है पंचायती राज व्यवस्था के विषय पर बापू के विचार

लेकिन वो उनके हाथ में हिन्दुस्तान का राज नहीं आ सकता तो किसके हाथ में आप लोगों के हाथ में लेकिन जो मिस्कीन साठ करोड़ देहात में पड़े हैं हिन्दू कहो मुस्लमान कहो कोई भी हो

उसका नाम पंचायत राज है वो राज के लिए हम सब काम कर रहे हैं और सब जहमत उठा रहे हैं और और भी उठाएंगे चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद् की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की आठ सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होना है इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी चुनाव की अधिसूचना कल जारी होगी वहीं पांच अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे जबकि छह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी आठ अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं ये सीटें नीरज कुमार दिलीप कुमार चौधरी देवेश चंद्र ठाकुर डॉ एन के यादव नवल किशोर यादव मदन मोहन झा संजय सिंह और केदार नाथ पाण्डेय के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हुई हैं केन्द्र सरकार बिहार चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की तीन सौ कंपनियां भेजेगी इधर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान धन बल का दुरूपयोग रोकने के लिये पूरे प्रदेश में सर्विलांस टीम का गठन किया है इस संबंध में आम जनता द्वारा सूचना देने के लिये टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह दो एक तीन जारी किया गया है इस निःशुल्क टोल फ्री नम्बर पर अवैध और कालेधन से संबंधित सूचना आयकर विभाग को दी जा सकती है राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय जदयू में शामिल हो गये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने आवास पर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई इस अवसर पर जदयू सांसद ललन सिंह और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी सहित अन्य नेता उपस्थित थे जदयू की सदस्यता लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडये ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के कामों से शुरू से ही प्रभावित रहे हैं उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से चाहेगी वहां से वे चुनाव लड़ेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अस्वस्थ होने के कारण अशोक चौधरी को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है बिहार में कोविड उन्नीस रोगियों के स्वस्थ होने की दर देश में सबसे अच्छी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर लगभग बानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख चौंसठ हजार पांच सौ सैंतीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सौ सत्ताईस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख अठहत्तर हजार आठ सौ बयासी हो गया है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर बयासी दशमलव एक चार प्रतिशत हो गई है और उनचास लाख से अधिक व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं वहीं नौ लाख छप्पन हजार चार सौ दो रोगियों का उपचार चल रहा है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार कल देश में नौ लाख सत्तासी हजार आठ सौ इकसठ नमूनों की जांच की गई केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के खिलाफ ढील बरतने पर चेतावनी देते हुए कहा है कि धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना के दौरान भी मास्क पहनने चाहिए केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर संडे संवाद के तीसरे संस्करण में सवालों का जवाब दे रहे थे उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कोविड के संबंध में जागरूकता फैलाने को कहा और मास्क पहनने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ यह जंग तभी जीती जा सकती है जब सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक बागमती अधवारा समूह और महानंदा नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है दरभंगा जिले से गुजरने वाली बागमती कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में हुई भारी वृद्धि के कारण एक बार फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है कमला बलान के दोनो तटबंधों के बीच बसे घनश्यामपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ में डूब गये हैं इधर पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूर्णियां जिले के बायसी प्रखंड से होकर गुजरने वाली महानंदा कनकई और परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क सम्पर्क ट्रट गया है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सहित कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है जिले के संग्रामपुर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं इधर अररिया जिला मे सिकटी पलासी क्र्साकांटा फारबिसगंज नरपतगंज जोकीहाट और रानीगंज सबसे अधिक प्रभावित है वहीं शिवहर में राष्ट्रीय उच्च पथ एक सौ चार पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन बंद है भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत पच्चीस सितंबर तक बिहार सहित छह राज्यों में दस लाख छियासठ हजार से अधिक मानव दिवसों का सुजन किया है रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं में हुई प्रगति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं इन राज्यों में लगभग एक सौ चौंसठ ढांचागत रेल परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है नालंदा जिला के किसान अब जैविक विधि से खेती करेंगे जिला कृषि पदाधिकारी विभ् विद्यार्थी ने बताया कि इसके लिए जिले के आठ प्रखंडों के लगभग पच्चीस सो से अधिक किसानों को जोड़ा गया है तीन सालों के पायलट प्रोजेक्ट में हर साल किसानों को खेती के लिये विभाग की ओर से प्रति एकड़ ग्यारह हजार पांच सौ रुपये का अनुदान दिया जाएगा पूर्णियां जिले के जलालगढ़ थाना के ओवरब्रिज के पास दो वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया में एसएसबी के जवानों ने एक वाहन से बीस लाख रूपये के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया है